इसे मिलाकर कुल संक्रमित लोगों की संख्या दो करोड़ दस लाख से अधिक हो गई है

अब तक कोरोना से दो लाख तीस हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है

प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल एक करोड़ बत्तीस लाख पचपन हजार नौ सौ पचपन टीके लगाये जा चुके हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में अट्ठारह से पैंतालीस वर्ष की आयु वर्ष के लोगों का भी टीकाकरण जारी है इस आयु वर्ष के अड़सठ हजार पांच सौ छत्तीस लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है उन्होंने अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक सभी लोगों से जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की

वैक्सीन की कमी वाले राज्य टीके की आपूर्ति की तुलना में अधिक उपयोग दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सशस्त्र बलों को दी गई वैक्सीन को समायोजित नहीं किया है

भारत सरकार कोविड महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर हर संमव उपाय कर रही है टीकाकरण कोविड से निपटने में सरकार की पांच सूत्रीय रणनीति जांच निगरानी उपचार और एहतियाती उपाय के साथ रोकथाम तथा प्रबंधन के महत्वपूर्ण उपाय है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या नये संक्रमित व्यक्तियों से अधिक है राज्य में अटठाईस हजार नौ सौ दो लोगों को कोविड संक्रमण से स्क्स्थ हो जाने पर अस्पतालों से छटटी दे दी गयी जबकि छब्बीस हजार सात सौ अस्सी लोगों में संक्रमण की पुष्टि हयी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के संक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या दो लाख उन्सठ हजार आठ सौ चौवालीस है जो तीस अप्रैल को प्रदेश में दर्ज किये गये सक्रिय मामलों से लगभग इक्यावन हजार कम है अब तक राज्य में ग्यारह लाख इक्यावन हजार पांच सौ इकहत्तर लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटे में तीन सौ तिरपन लोगों की महामारी से मृत्यु हयी है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का काम तेज गति से जारी है कल एक दिन में दो लाख पच्चीस हजार छः सौ सत्तर नमूनों की जांच की गयी इनमें से एक लाख बारह हजार जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयीं अब तक कुल चार करोड़ बाईस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ तिहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड जांच का विशेष अभियान चलाया जा रहा है

सभी को दवाओं की किट देकर प्रथक्कवास में रखा गया है पूर्व केन्द्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का कोरोना संक्रमण से आज सुबह निधन हो गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अजीत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधि और मंत्री के रूप में अजीत सिंह ने देश की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी प्रधानमंत्री ने कहा कि चौघरी अजीत सिंह हमेशा किसानों के हित के लिए समर्पित रहे उन्होंने केन्द्र में विभिन्न विभागों का दायित्व भी बड़ी कुशलता से निभाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चौधरी अजीत सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुये उन्हें श्रद्वांजलि दी